प्रदेश की राज्यपाल मुख्यमंत्री और विघानसभा अध्यक्ष ने भी किया याद

बागेश्वर में नियमित रोटा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत

सुषमा स्वराज का कल रात नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था

पिछले कुछ समय से वो बीमार थीं

उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है उनके अंतिम दर्शन के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अभित शाह भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम दलों के राजनेताओं और पड़ोसी देशों से आये प्रतिनिधि पहुंचे थे सभी ने नम आंखों से स्वर्गीय सुषमा स्वराज को भावमीनी श्रद्वांजलि दी इससे पहले दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लाकर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था

इसके बाद श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय ले जाया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें सुषमा स्विराज के निधन के समाचार से गहरा धक्का लगा है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा स्वाराज श्रेष्ठ प्रशासक विलक्षण सांसद और ओजस्वी वक्ता थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति के एक गौरवमय अध्यायय का अंत हो गया है

सुषमा स्वराज का देश प्रेम निधन से पहले उनके आखिरी द्वीट से प्रकट होता है

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए लिखा था कि वे अपने जीवन में यह दिन देखने की प्रतीक्षा कर रही थीं

विदेश मंत्री एस जयशंकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और कई अन्य नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है विभिन्न राजनीतिक दलों से भी शोक संदेश प्राप्त हुए हैं राज्यसभा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश ने सुषमा स्वराज को एक महान लोकतंत्रवादी बताया है जिन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति के साथ अपने आपको जोड़ा दुनियाभर से भी शोक संदेश प्राप्त हो रहे हैं बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने शोक व्यक्त किया नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि सुषमा स्वराज का असामयिक निधन भारत और नेपाल के लिए एक बड़ी क्षति है

राजकीय शोक पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे स्वर्गीय सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिल्ली पहुंची उन्होंने अपने अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिये उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि सुषमा स्वराज ने निजी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हमेशा सर्वोच्च मानदंडों का पालन किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा स्वर्गीय सुषमा स्वराज का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव था वे उत्तराखण्ड से राज्यसभा सांसद भी रहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश एम्स उनकी ही देन है अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने ही एम्स ऋषिकेश की नींव रखी थी मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता थीं उनकी भाषण शैली से हर कोई प्रभावित होता था विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अतिक्रमण हटाया रुद्रपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की सयुक्त टीम ने सब्जी मंडी में हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है इस दौरान सब्जी विक्रेताओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा आपको बता दें कि सब्जी मंडी के व्यवसायी ने मंडी के बीच स्थित फड़ को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर निगम ने सब्जी व्यवसायियों को बार बार अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं करने पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की सयुक्त टीम ने अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले साल अक्टूबर नवंबर में अतिक्रमण चिन्हित किये गए थे

देहरादून में शहरी विकास व आवास विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्थानीय निकायों को आर्थिक तौर पर स्वावलम्बी बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि नगर निकायों के तहत आने वाले शौचालयों की स्वच्छता पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्घारित लक्ष्यों को निश्चित समय में पूरा करने और शहरों के सुनियोजित विकास के लिए विकास योजना बनाने क कहा इसके अलावा उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिये हैं टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज बागेश्वर में नियमित रोटा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई जिलाधिकारी विधायक और पालिकाध्यक्ष ने बच्चों को ड्रॉप पिला कर अभियान की शुरुआत की जिलाधिकारी ने टीकाकरण अभियान से जुड़े तकनीकी बिंदुओं की जानकारी ली और अभियान की सफलता के लिए सभी की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए मुख्य विकित्साधिकारी ने बताया के रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को जन्म के डेढ़ ढाई और साढ़े तीन माह में पिलाई जानी जरूरी होती है प्रत्येक खुराक में बच्चों को वैक्सीन की पांच बूंदे पिलाई जाती हैं उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन बच्चों को डायरिया से बचाव करता है जिलाधिकारी ने कहा कि रोटा वायरस बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है

इन्हीं बच्चों के जीवन को बचाने के लिए रोटावायरस वैक्सीन को शामिल किया गया है इस दस्त में एंटीबायोटिक दवाएं भी काम नहीं करती है यह बचाव रोटावायरस वैक्सीन से होता है पोलियो के बाद यह पहली वैक्सीन है जिसे बच्चों को बूंद के रूप में पिलाया जाता है सुषमा स्वराज सफर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया भारतीय राजनीति की प्रखर वक्ता और कुशल नेता सुषमा स्वराज का राजनीति का सफर काफी शानदार रहा भारतीय राजनीति में स्त्री प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण चेहरा सुषमा स्वराज लोगों का दिल जीतने के अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए प्रसिद्ध थीं देश के सर्वाधिक सम्माानित नेताओं में से एक सुषमा स्वराज ने देश की जनता की सेवा में उल्लेखनीय समर्पण का परिचय दिया और अपनी इसी योग्यता के बल पर पिछली नरेन्द्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बनीं पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के बाद वे देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री थीं

सुषमा स्वराज ट्विटर का भरपूर उपयोग करती थीं और इसी माध्यम से उन्होंने ऐसे विदेश मंत्री की पहचान बनाई जिन तक सुगमता से पहुंचा जा सकता था भारतीय जनता पार्टी की इस दिग्गज नेता ने जरूरतमंदों को व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर वीजा जारी करवाए और किसी भी संकट में धिरे भारतवंशियों को सहायता पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निमाई

कूलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैनिक अदालत में सुनाई गई मौत की सजा को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देने में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही इस वर्ष के आरम्भ में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने आतंकवाद को धर्म से जोड़ने वालों की कड़ी निंदा की

सुषमा स्वराज सात बार सांसद चुनी गईं और तीन बार विधायक रहीं